उन्होंने कहा कि दुश्मन देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और आतंकी हमले कर भारत की प्रगति को रोकना चाहता है देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम अपनी रक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मियों के आभारी हैं इस कार्यक्रम का आयोजन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत किया गया है इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को तैयार करना है कई केन्द्रीय मंत्री और पार्टी नेता इस आयोजन में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में पार्टी कार्यालय में उपस्थित हैं पीएम शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार वितरित करेंगे

इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक डॉ शांतिस्वरूप भट्नागर के नाम पर दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न विषयो में भारतीयों के विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है

कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज हरदा जिले के टिमरनी में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत लाभार्थी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये

प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आज ही के दिन भौतिक विज्ञानी सीवीरमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किये जाने के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है विज्ञान दिवस का उद्देश्य लोगों के बीच विज्ञान और उसके उपयोग का महत्व का संदेश का प्रसार करना है इस वर्ष का विषय है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू होगी सभी परीक्षा केन्द्रों में इसके लिये तैयारी पूरी कर ली गई है

परीक्षार्थियों को सुबह साढ़े आठ बजे तक अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचना आवश्यक है इसके बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा

परीक्षा केन्द्रों में लगातार निगरानी के लिये उड़न दस्ता टीम गठित की गई है जिससे किसी भी प्रकार की नकल पर रोक लगाई जा सकेगी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी दो दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है मुरैना भिंड और दतिया जिले में कल बारिश के साथ ही ओले गिरे जिससे फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है

बैठक का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने किया झाबुआ जिले में लोकसभा निर्वाचन संबंधित अंतर राज्य बार्डर बैठक कल होगी ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ